विश्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस द्वारा जारी रैंकिग में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ को छठवां स्थान मिला है राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है

बातचीत में दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन दीनदायल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना और ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थानों के तहत काम करने वाले समूह भाग लेंगे इस बातचीत से प्रधानमंत्री को सीधे इन समूहों के सदस्यों की गतिविधियों और उनसे उनके जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में जानने का अवसर मिलेगा यह बातचीत दूरदर्शन और एनआईसी वेबकास्ट पर भी उपलब्ध होगी ईज ऑफ ड्इंग बिजनेस विश्व बैंक और डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशंस द्वारा जारी रैंकिग में ईज ऑफ डुइंग बिजनेस के तहत छत्तीसगढ़ को छठवां स्थान मिला है इस वर्ष छत्तीसगढ़ ने ईज ऑफ ड्इंग बिजनेस को क्रियान्वयन के स्कोर में निन्यानवे दशमलव पांच प्रतिशत और फीडबैक स्कोर में अटहत्तर दशमलव पांच प्रतिशत के साथ भारत के सर्वाधिक बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों की श्रेणी में अपना स्थान बनाया है मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने इस उपलब्धि के लिए वाणिज्य और उद्योग विभाग सहित प्रदेशवासियों को बधाई दी है उन्होंने कहा कि ईज ऑफ इंग बिजनेस की सफलता के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए गए कदमों को एक बार फिर राष्ट्रीय स्तर पर प्रशंसा मिली है मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ देश का टॉप एचीवर स्टेट बन गया है गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ ने वर्ष दो हजार पंद्रह सोलह में भी देश में ईज ऑफ ड्ईग बिजनेस में चौथा स्थान प्राप्त किया था वर्ष दो हजार सोलह में पंद्रह विभाग ईज ऑफ डुइंग बिजनेस में शामिल हुए थे वहीं वर्ष दो हजार सत्रह में इन विभागों की संख्या बढ़कर बीस से भी ज्यादा हो गई है संक्षिप्त पुनरीक्षण प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने हटाने और त्रुटियां सुधारने का काम आगामी इकतीस जुलाई से शुरू होगा जो इक्कीस अगस्त तक चलेगा इस संबंध में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की रायपूर में महत्वपूर्ण बैठक हुई मुख्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार राज्य में सत्ताईस सितम्बर को फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का अंतिम प्रकाशन किया जाएगा इसी सूची के आधार पर विधानसभा का निर्वाचन कार्य सम्पन्न कराया जाएगा बैठक में श्री साहू ने निर्वाचक नामावली के द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत किए जाने वाले कार्यों की जानकारी दी उन्होंने बताया कि इकतीस जुलाई को पुनरीक्षण गतिविधि के अंतर्गत एकीकृत मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया जाएगा इसके साथ ही प्रदेश के सभी मतदान केन्द्रों में दावा आपत्ति भी लिए जाएंगे जिसका निराकण बीस सितम्बर के पहले कर दिया जाएगा इसके बाद छब्बीस सितम्बर तक निर्वाचक नामावली का द्वितीय विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण करते हुए पूरक मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज से प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण पखवाड़ा शुरू हुआ यह पखवाड़ा चौबीस जुलाई तक चलेगा पखवाड़े के दौरान विभागीय अधिकारियों द्वारा घर घर जाकर दम्पत्तियों से संपर्क किया जाएगा साथ ही उन्हें परिवार नियोजन के स्थायी अथवा अस्थायी साधन अपनाने की जानकारी दी जाएगी इस कार्य के लिए स्वास्थ्य कार्यकर्ता एएनएम और मितानिनों के द्वारा योग्य दम्पत्तियों की सूची बनायी जाएगी ई पंजीयन प्रणाली राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री पर किसी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है पंजीयन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आम जनता की सुविधा के लिए प्रदेश में ई पंजीयन प्रणाली पिछले वर्ष फरवरी से लागू की गई है जो निरंतर जारी है पंजीयन की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है पिछले वित्तीय वर्ष की पहली तिमाही के मुकाबले इस वर्ष बारह प्रतिशत ज्यादा पंजीयन हुआ है अधिकारियों ने बताया कि लोगों में यह भ्रांति है कि बिना खसरा नंबर सत्यापन के पंजीयन स्वीकार होता है पंजीयन करने वाला पहले यह जांच लें कि उनके द्वारा खरीदी जा रही संपत्ति का भुईया सॉफ्टवेयर में सत्यापन हो रहा है या नहीं मिलान नहीं होने की स्थिति में पंजीयन कार्य नही हो पाएगा

वहीं इस घटना में डिस्ट्रिक्ट रिजर्व ग्रुप डीआरजी का एक जवान घायल हो गया है पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि कल शाम सुरक्षा बलों की टीम सर्चिंग पर निकली थी इसी दौरान चिंतागुफा थाना क्षेत्र के मीनपा के जंगलों में माओवादियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए आईईडी विस्फोट किया और फिर फायरिंग शुरू कर दी जवाबी कार्रवाई में जवानों ने दो माओवादियों को मार गिराया जिनके शव बरामद कर लिए गए हैं वहीं माओवादियों द्वारा किए गए आइईडी विस्फोट में डीआरजी का एक जवान घायल हो गया जिसे इलाज के लिए हेलीकॉप्टर से रायपूर लाया गया है वहीं इसी जिले के कन्हाईपाड़ के जंगलों में भी आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच मुठभेड़ होने की खबर है पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने बताया कि इस मुठभेड़ में कुछ माओवादी घायल हुए हैं जिन्हे अन्य माओवादी अपने साथ लेकर भाग गए कांग्रेस मुआवजा मांग प्रदेश के किसानों को फसल बीमा मुआवजा राशि और सुखा राहत राशि देने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज राज्य के सभी तहसील और उप तहसील मुख्यालयों में प्रदर्शन किया इस संबंध में कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाक्र ने बताया कि राज्य में पिछले साल इक्कीस जिला और छियानवे तहसीलों को सुखाग्रस्त घोषित किया गया था लेकिन किसानों के राहत के लिए किसी प्रकार के ठोस उपाय अभी तक राज्य सरकार द्वारा नहीं किए गए हैं कांग्रेस ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रशासन किसानों को सुखा राहत राशि देने में कोताही बरत रही है एंब्लेंस कर्मचारी विरोध प्रदर्शन प्रदेश के संजीवनी एक्सप्रेस एक सौ आठ और महतारी एक्सप्रेस एक सौ दो के कर्मचारियों ने न्यूनतम मजदूरी सहित विभिन्न मांगों को लेकर आज रायपुर में काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन किया यह विरोध कल भी जारी रहेगा कर्मचारियों का कहना है कि यदि उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वे तेरह जुलाई से जिलेवार धरना प्रदर्शन करेंगे वहीं कर्मचारियों ने सोलह जुलाई से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी भी दी है हड़ताल के दौरान एंब्लेंस सेवा भी पूरे प्रदेश में ठप्प कर दी जाएगी मौसम मौसम विभाग ने प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र के कुछ स्थानों पर आगामी चौबीस घंटों के दौरान भारी बारिश की संभावना जताई है वहीं प्रदेश के अन्य स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है उत्तर पूर्वी मध्यप्रदेश और ओडिशा के उत्तरी तटों के ऊपर एक चक्रवात बना हुआ है जिसके कारण प्रदेश में बारिश हो रही है पिछले चौबीस घंटों में प्रदेश के बस्तर संभाग के कुछ जिलों और बिलासपुर संभाग के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा हुई है वहीं बस्तर के एक दो स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई है राजधानी रायपुर और दुर्ग में भी हल्की से मध्यम बारिश होने की खबर है कृषि सलाह प्रदेश में पिछले दो तीन दिनों से हो रही लगातार बारिश से खरीफ फसलों की बोआई में तेजी आई है इसी के मद्देनजर कृषि विशेषज्ञों ने धान की पैदावार अच्छी करने के लिए किसानों को कुछ घरेलू उपाए बताए हैं वैज्ञानिकों ने बताया कि धान के बीजों को नमक के घोल से उपचारित करने के बाद बोआई करने से फसल अच्छी होती है उन्होंने कहा कि इसके लिए धान के बीजों को सत्रह प्रतिशत नमक के घोल में डालकर उसे बीच बीच में हिलाते रहे इसके कुछ देर बाद बीजों को साफ पानी में दो बार धोकर छाया में ही सूखा लेना चाहिए और इसके बाद बीजों का उपयोग बोआई के लिए किया जा सकता है कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को धान की कतार बोनी में सीड डि़ल और दानेदार उर्वरकों का उपयोग करने का भी सुझाव दिया है संक्षिप्त समाचार स्वास्थ्य मंत्री अजय चंद्राकर ने आज रायपुर में डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से संवाद का शुभारंभ किया यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और यूएसएड तथा डिजिटल ग्रीन के सहयोग से आयोजित किया गया कार्यक्रम में श्री चंद्राकर ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली राजनांदगांव जिले की पांच मितानिनों को सम्मानित किया प्रदेश कांग्रेस ने जगदलपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की नई कार्यकारणी जारी कर दी है इनमें उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष महामंत्री संयुक्त महामंत्री सचिव प्रवक्ता और कार्यकारिणी सदस्यों की नई नियुक्तियां की गई हैं जांजगीर चांपा जिले के शिवरीनारायण के तनौद गांव में एक मोटरसाइकिल के अनियंत्रित होकर गिर जाने से उसमें सवार दो युवकों की मौत हो गई जबकि एक अन्य युवक घायल हो गया